इस चरण के क्षेत्रों में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह ओडिसा के सुंदरगढ़ में चुनावी सभा को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि मजबूत सरकार समय की मांग है ताकि देश में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है और आगामी चुनाव में भी उनकी पार्टी विजयी होकर पूर्ण बहमत से देश में सरकार बनाएगी भाजपा अध्यक्ष और गांधीनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार अमित षाह ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार किया भाजपा नेता और प्रदेष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नौगांव लोकसभा क्षेत्र के होजाई में चुनावी सभा को सम्बोधित किया कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह बीस प्रतिशत गरीब परिवारों को बहत्तर हजार रूपये प्रतिवर्ष देगी श्री राहुल गांधी आज उत्तराखंड के श्रीनगर में गढ़वाल से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष खंड्री के समर्थन में चुनाव रैली को सम्बोधित कर रहे थे गरीबी पर वार बहत्तर हजार नारा देते हुए श्री गांधी ने कहा कि उनका पहला लक्ष्य गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करना होगा कॉग्रेस की राश्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने आज फतेहपुर के औंग में एक जनसभा को सम्बोधित किया वहां उन्होंने महिलाओ से संवाद भी किया लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिये प्रदेष में नामांकन पत्रों की जांच का काम कल पूरा हो गया जांच के दौरान पचहत्तर उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किये गये हैं तीसरे चरण के लिये कुल दो सौ सात उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किये थे जिसमें से अब एक सौ बत्तीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गये हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेषर लू ने बताया कि फिरोजाबाद और बदायूं लोकसभा सीट से सर्वाधिक सोलह सोलह उम्मीदवारों के पर्चे निरस्त किये गये तीसरे चरण के लिये नाम वापस लेने की अंतिम तिथि आठ अप्रैल है चौथे चरण के लिये प्रदेष की तेरह लोकसभा सीटों पर नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है कन्नौज लोकसभा सीट के लिये समाजवादी पार्टी की प्रत्याषी डिम्पल यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया उधर हमीरपुर लोकसभा सीट के लिये भाजपा प्रत्याषी पुश्पेन्द्र सिंह और कॉग्रेस प्रत्याषी प्रीतम सिंह लोधी ने नामांकन किया इटावा संसदीय सीट से कॉग्रेस प्रत्याषी अषोक दोहरे ने आज नामांकन दाखिल किया भाजपा सांसद और अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा आज कांग्रेस में शामिल हो गये हैं नई दिल्ली में कॉग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान और बलिदान कॉग्रेस पार्टी का रहा है श्री सिन्हा ने कहा कि अब वह कॉग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे सदस्यता ग्रहण करने के बाद पार्टी ने उन्हें बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार घोशित किया वहां उनका मुकाबला भाजपा के रविषंकर प्रसाद से होगा श्री शत्रुघ्न सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जहाजरानी मंत्री रह चुके हैं उन्होंने भाजपा के टिकट पर दो बार बिहार के पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया वे दो बार राज्यसभा के भी सदस्य रहे कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई चैत्र नवरात्र आज से षुरू हो गया है प्रदेष भर के षक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी है सभी षक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर नवरात्र मेले षुरू हो गये हैं इन मेलों की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं मिर्जापुर जिले के विन्ध्याचल स्थित प्रसिद्ध षक्तिपीठ माता विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर लगने वाला चैत्र नवरात्र मेला बीती आधी रात से ही षुरू हो गया है वहां भारी संख्या में श्रद्वाल् दर्षन पूजन कर रहे हैं विन्ध्याचल धाम में त्रिकोंण परिक्रमा मार्ग और गंगा घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं वहां से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि माता के मंदिर की ओर जाने वाली सभी गलियों में भीड़ का दबाव बना हुआ है बलरामपुर जिले के देवीपाटन स्थित माता पाटेष्वरी देवी मंदिर पर लगने वाला चैत्र नवरात्र मेला भी षुरू हो गया है वहां भारी संख्या में लोग दर्षन पूजन और धार्मिक अनुश्ठान कर रहे हैं इनमें पड़ोसी देष नेपाल के श्रद्धालु भी षामिल हैं वाराणसी के दुर्गाकुण्ड सहित सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है उधर नैमिशारण्य स्थित माता ललिता देवी मंदिर पर भी भारी संख्या में श्रद्धाल दर्षन पूजन कर रहे हैं पूर्वी जिलों के षक्तिपीठों और देवी मंदिरों पर लगने वाले नवरात्र मेले भी आज से षुरू हो गये हैं गोरखपुर जिले के ग्रामीण अंचल में स्थित तरकुलहा देवी मंदिर और महराजगंज जिले के आद्रवन स्थित माता लेहड़ा देवी मंदिर पर लगे नवरात्र मेलों में भारी संख्या में लोग जुटे हुये हैं तरकुलहा देवी मंदिर पर लगने वाला नवरात्र मेला एक महीने से अधिक समय तक चलता है अन्य स्थानों पर भी देवी मंदिरों में दर्षन पूजन और धार्मिक अनुश्ठान आज से षुरू हो गया है